ये मंत्री लोगों की शिकायतें सुनने के अलावा कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ भी करेंगे यह पहल जम्मू कश्मीर और वहां के लोगों के समग्र विकास के लिए केंद्र सरकार की नीतियों से अवगत कराने के विशेष कार्यक्रम का हिस्सा है कार्यक्रम के पहले दिन कल केंद्रीय मंत्री डाक्टर जितेन्द्र सिंह अर्जुन राम मेघवाल और अश्वनी क्मार चौबे ने जम्मू और सांबा जिलों का दौरा किया और कई परियोजनाओं का उदघाटन किया

अभियान की शुरूआत चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने की इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत पोलियो से मुक्त हो चुका है लेकिन फिर भी पड़ोर्सी देशों से इसके वायरस के आने की आशंका के चलते यह अभियान हर साल आयोजित किया जाता है ताकि ये फिर से नहीं फैले आज पहले दिन पोलियों बूथों पर खुराक दी जा रही है इसके बाद अगले दो दिन कार्यकर्ता घर घर जाकर दवा लेने से वंचित रहे बच्चो को दवा पिलाएंगे

यह कार्यक्रम नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में कल आयोजित होगा पूरे देश से दो हजार से अधिक विद्यार्थी अभिभावक और अध्यापक इस कार्यक्रम में भाग लेंगे

ये सभी इस कार्यक्रम को लेकर और प्रधानमंत्री से मिलने के लिए बहुत उत्सुक है

उन्होंने एक ट्वीट के जरिए कार्यक्रम के लिए लोगों से सुझाव भेजने को कहा है

इस प्रदर्शनी में विभिन्न पैनल और डिजिटल उपकरणों के माध्यम से सिंगल यूज प्लास्टिक की रोकथाम जल संरक्षण फिट इण्डिया प्रधानमंत्री के मन की बात और ग्रामीण विकास सहित बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओं जैसी योजनाओं को प्रदर्शित किया गया है वहीं जल संरक्षण के बारे में लोगों को जानकारी देने के उद्देश्य से सूचना और प्रसारण मंत्रालय की इकाइयों द्वारा संचालित विशेष प्रचार वाहन जल योद्वा वाहिनी जैसलमेर में सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के सेक्टर मुख्यालय पर जवानों के बीच पहुंचा इस अवसर पर विभिन्न सांस्कृतिक दलों ने मनोरंजक प्रस्तुतियां दी इस दौरान सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी दी गयी

जिला प्रशासन और पर्यटन विभाग की ओर से इस मौके पर दो दिवसीय सवाईमाघोपुर उत्सव का आयोजन किया जा रहा है उत्सव का आगाज आज सुबह दशहरा मैदान से रन फॉर सवाईमाधोपुर से हुआ जिसे जिला कलेक्टर ने हरी झण्ड़ी दिखाकर रवाना किया इस मौके पर रणथम्मौर दुर्ग स्थित त्रिनेत्र गणेश मन्दिर में महा आरती का आयोजन किया गया उत्सव का मुख्य आकर्षण शहर में निकाली जाने वाली भव्य शोभायात्रा होगी